उनहत्तर प्रतिशत नियमित और अट्ठाईस प्रतिशत से अधिक स्वाध्यायी विद्यार्थी उत्तीर्ण

रुक जाना नहीं योजना के तहत फिर मिलेगा मौका

सरकार का फैसला

उन्नीस हजार से ज्यादा हुए स्वस्थ

इसी तरह गणित संकाय में मंडला जिले की खुशी कोटवानी ने प्रदेश में आठवां स्थान प्राप्त किया खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले की अंशिका परसराम भोरगे ने जीव विज्ञान समूह में राज्य में चौथा स्थान हासिल किया जबलपुर के आशीष कुशवाह ने विज्ञान गणित समूह में चौथा मुरैना के कृष्णा दंडौतिया ने विज्ञान समूह में सातवा बड़वानी की उजमा मंसूरी ने दसवॉ अनूपप्र की पलक ने विज्ञान समूह में आठवां नरसिंहपुर की मधुलता सिलावट ने कला संकाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है

इस बार करीब साढ़े तीन प्रतिशत कम विद्यार्थी पास हुए हालांकि एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है

कृषि समृह में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने वाले शिवपुरी के गौरव ओझा अपनी सफलता पर काफी खुश है उन्होंने आकाशवाणी से बातचीत में अपने अनुभव साझा किए शिवपुरी की अनुष्का गुप्ता ने जीव विज्ञान समूह में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान हासिल किया है अनुष्का भारती प्रशासनिक सेवा की अफसर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं मंदसौर की प्रिया और रिंकू बथरा विज्ञान गणित समूह में बराबर अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर हैं

होशंगाबाद की साक्षी मिश्रा ने विज्ञान गणित समूह में राज्य में चौथा वहीं इसी समूह में झाबुआ के नितिन ने नौवां स्थान हासिल किया है सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के संतोष प्रजापति ने कला संकाय में नौवां स्थान प्राप्त किया इन्दर सिंह परमार स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं वे हार नहीं माने श्री परमार ने कहा कि राज्य सरकार ने उनके लिए रुक जाना नहीं योजना लागू की है इस योजना में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में कोविड परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई है स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टेस्ट की संख्या बढ़ाने से यहां कोरोना के नियंत्रण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है

स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को गत वर्ष के परीक्षा परिणाम तथा वर्तमान सत्र के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा इसी प्रकार स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं शारीरिक दूरी को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं घर में रहकर ओपन बुक प्रणाली से करवाई जाएंगी श्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देर्न पर उनकी फायनल डिग्री पर हमेशा सवाल उठाये जाते हैं इसलिये ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को उनके लॉगिन आईडी तथा निर्धारित वेबसाइट पर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाये जाएंगे ओपन ब्रक परीक्षा प्रणाली में परीक्षार्थी अपने निवास में ही रहकर उत्तर पुस्तिका लिख सकेंगे परीक्षार्थी को अपनी उत्तर प्रस्तिका संग्रहण केन्द्र में जमा करना होगी इसके लिये हजारों की संख्या में संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिये परीक्षार्थी के पास दो विकल्प और होंगे जिसमें डाक द्वारा और ई मेल द्वारा भी उत्तर पुस्तिका भेजने की सुविधा होगी

राजधानी भोपाल में आज एक सौ सतहत्तर नये मरीजों का पता चला इनमें चार डॉक्टर भी शामिल हैं वहीं सतहत्तर लोग संक्रमणमुक्त होकर घर लौटे सीहोर में आज छह नये मरीज मिले वहीं अशोकनगर में भी एक संक्रमित का पता चला

जबलपुर से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज छह नये मरीजों के साथ प्रभावितों का आंकड़ा एक हजार चालीस हो गया है

जिले में अब तक छह लोग संकमण से अपनी जान गवां चुके हैं टीकमगढ़ में आठ नये मरीजों का पता चला है होशंगाबाद में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के बाद आज बाजार खुल गये हैं शिवपुरी में भी दो दिन की पूर्णबंदी के बाद आज द्कानें खोली गईं

छतरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पन्ना रोड पर एक कार ने दो बाइक को टक्कर मार दी इस हादसे में दोनों बाइक पर सवार तीन बच्चों समेत आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई दर्घटना बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर चौकी के पास जखीरा टेक के पास हुई उधर सागर जिले के बीना तहसील में एक गैस टैंकर ने दो बच्चों को कुचल दिया दोनो की घटनास्थल पर मौत हो गई उमरिया के बांधवगढ़ मार्ग पर र्दो मोटर साईकिलों की अनियंत्रित गति से बाइक सवार दो युवको की मौत हो गई है